प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ऑस्टलिया के साथ संबंधों को प्रगाढ करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूचे हिन्द प्रशान्त क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वचुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौर में समग्र रणनीतिक साझेदारी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का यह उचित समय है मेरा मानना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को और सशक्त करने के लिए ये परफैक्ट समय है परफैक्टा मौका है अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं ये संभावनाएं अपने साथ चेलेंजिज भी लाती हैं चौलेंजिज की किस तरह इस पोटेन्शल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों बिजनेसिज अकेडेमिक्स रिसर्च इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने

प्रधानमंत्री न देशवासियों की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के कोविड प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की श्री मोदी ने कोरोना संकट के समय भारतीय समुदाय की सहायता की सराहना करते हुए श्रो मॉरिसन को धन्यवाद दिया बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों पर विस्तार से उत्कृष्ट चर्चा हुई श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था के तहत आगामी आठ जून से प्रदेश में शुरू की जाने वाली गतिविधियों को केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित कराये जाने के निर्देश दिये हैं आज लखनऊ में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आठ जून से मिलने वाली छूट के सन्दर्भ में पूरी तैयारी के साथ इस व्यवस्था को लागू किया जायेगा उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पेट्रोलिंग बढ़ाने और सुरक्षित यातायात पर विशेष ध्यान देने को कहा मुख्यमंत्री ने सामाजिक दूरी बनाये रखने संबंधी नियम का कड़ाई से पालन कराने का निदेश देते हुए कहा कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो मुख्यमंत्री ने क्वारेंटीन केन्द्रों और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था में स्वच्छता और गुणवत्ता पर बल देने और स्वास्थ्य जांच के बाद श्रमिकों को राशन किट उपलब्ध कराते हुए पृथक रहने के लिये घर भेजने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें एक हजार रूपये का भरण पोषण भत्ता भी दिया जाये

उन्होंने गौतमबुद्धनगर कानपुर नगर सहारनपुर आगरा अलीगढ़ मुरादाबाद मेरठ फिरोजाबाद और बुलन्दशहर जिलों में चिकित्सा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिये

हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वैश्विक महामारी की रोकथाम के साथ साथ राज्य में स्वास्थ्य प्रणाली को भी मजबूत कर रही है उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जांच मशीनें लगाई जा रही हैं जो कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट एक घंटे के बाद दे देंगी एक रिपोर्ट नयी ट्रूनेट मशीनें नॉन कोविड अस्पतालों में लगाई जायेंगी ये मशीनें एक घंटे के भीतर ही टेस्ट के नतीजे बता देंगी जिससे मरीजों को किसी आपातकाल की स्थिति में जल्दी इलाज मिल सकेगा आकाशवाणी से बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केन्द्र सरकार हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश सरकार की मदद कर रही है हमें टेस्टिंग लैब की स्थारपना हो या फिर कोविड हॉस्पिटल की सुविधाओं को स्ट्रैं थनिंग करने की भारत सरकार ने भरपूर मदद की है भारत सरकार ने हर विकास खण्डक स्त र पर जनपद स्तथर पर टेस्टिं ग लैब स्था पित करने के लिए भी सहयोग करने की बात की है

उत्तर प्रदेश हाल ही में देश में कोविड मरीजों के लिए एक लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

इस समय प्रदेश में इस संक्रमण के तीन हजार पांच सौ तिरपन मामले एक्टिव है संक्रमण से इलाज के बाद पांच हजार चार सौ उन्तालीस मरीजों को छुट्टी दे दी गई है

उन्होंने बताया कि विभिन्न अस्पतालों के आईसोलेशन वार्डो में साढ़े तीन हजार से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है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

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है कृषि में बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह एक दूरदर्शी कदम है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इस संशोधन से अनाज दालों तिलहन खाद्य तेलों प्याज तथा आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है इससे किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और निजी निवेश के लिए अनावश्यक नियामक हस्तक्षेप दूर होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान मुक्त हुआ है किसान कहीं भी उत्पादन बेच सकेगा ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है किसान को ज्यादा कीमतों की गारंटी पर कृषि उपज समझौते से बेचने की किसान को अनुमति मिली है यानी कोई निर्यातबद्ध है कोई प्रोसेसर है कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक है तो उसको कृषि उपज दोनों के आपसी समझौता जो होगा उसके तहत बेचने की सुविधा मिली है भारत में पहली दफा ऐसा कदम उठाया गया है

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधारहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा सरकार ने कृषि मंडियों को लाइसेंसराज से मुक्त कर एक देश एक कृषि बाजार की राह खोल दी है जिससे किसानों में हर्ष का माहौल है केंद्र सरकार द्वारा किसान के हितों के लिए दिए गए फैसले से जनपद हापुड के किसान काफी उत्साहित हैं बुधवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले पर किसानों ने हर्ष जताया और पीएम मोदी का धन्यवाद किया किसान सौदान सिंह ने बताया प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं उन्होंने ये उनके मंत्रिमंडल ने जो यह एक अध्यादेश लाया है कि किसानों को आय दुगुनी करने के तरफ जो एक समाधान के लिये कि हम अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं तो उसके लिये हम पूरे मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और मोदी जी ने कर दिया है कि कहीं भी पूरे जहां भी रेट अगर सही मिलता हो तो वहां पर अपना सामान बेच सकते है उचित लाभ ले सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात के बारे में एक समान नीति अपनाएं न्यायालय इस क्षेत्र में लोगो को आवाजाही में आ रही समस्याओं के बारे में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है शीर्ष न्यायालय ने तीनों राज्य सरकारों का निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर एक समान नीति तैयार करके उसे एक वब पोर्टल पर डालें ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों के आवागमन को सुगम बनाया जा सके मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सयुक्त पहल ट्यूलिप का शुभारंभ किया इसका उद्देश्य देश में इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराना है इस प्लेटफार्म का उद्घाटन करते हुए शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ट्यूलिप से विद्यार्थियों शहरी स्थानीय निकायों सहित सभी पक्षों को लाभ होगा